आज मनाए जा रहे पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा का बहुत अधिक महत्व है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती तक देश में क्पोषण की समस्या को दूर करने का संकल्प लिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे स्वास्थवर्धक और संतुलित भोजन लेने की आदत डालें आज नई दिल्ली में पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने देश में खाद्य पदार्थो की बरबादी रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जनता की भागीदारी से संतुलित आहार के संदेश के प्रचार प्रसार के भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की डॉ हर्षवर्धन ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जिसमें गांधी जी को साइकिल पर सवार दिखाया गया है यह प्रतिमा स्वच्छ भारत यात्रा का प्रतीक है

अयोध्या पहंच कर उन्होंने सबसे पहले अयोध्या शोध संस्थान के तुलसी स्मारक भवन में कोदण्ड भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया लकड़ी से बनी सात फिट की इस प्रतिमा को अयोध्या शोध संस्थान के तुलसी स्मारक भवन में स्थापित किया जायेगा इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास के जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव कुमार उपाध्यक्ष होंगे एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वी के सारस्वत रमेश चन्द और डॉक्टर वी के पॉल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और क्रपि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंदरजीत सिंह आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि वे देश में सभी शिक्षण संस्थानों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें कल नई दिल्ली में मंत्रालय की समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण पर भी जोर दिया केंद्रीय पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार आगामी वर्षों में देश में वन्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयास करेगी मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में पौधा रोपने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले पांच वर्षो में देश के वन क्षेत्र में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में भी वन क्षेत्र का इसी तरह विस्तार हो अपनी जिंदगी में जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके लिए कम से कम दस पेड़ लगाने भी चाहिए बढ़ाने भी चाहिए

इस बार भी ऐसी ही तरक्की करेंगे इसके लिए हम प्रयास करेंगे पूरा प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है पिछले छत्तीस घंटे के दौरान झांसी सैंतालिस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा वहीं बांदा में छियालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया उधर बीती रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंवी बारिश ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाओं में उन्नीस लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य लोग घायल हो गये इस आंधी बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची एवं सब्जियों की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है